प्रदेश में भी आज भाजपा कार्यकर्ता जगह जगह प्रदर्शन कर रहे हैं सागर से हमारे संवाददाता ने बताया है कि पूर्व गृहमंत्री भूपेन्द्र सिंह की अगुवाई में शहर के पीली कोठी मैदान पर प्रदर्शन किया अशोकनगर में भी पार्टी कार्यकर्ताओं ने राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन कलेक्टर को सौपा उधर उज्जैन में स्थानीय टावर चौक पर भाजपा कर्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया वहीं रायसेन में भी राफेल मुददें पर भाजपा के प्रदर्शन की खबर मिली है मुख्यमंत्री मुख्यमंत्री कमलनाथ ने मादक पदार्थों के अवैध व्यापार और सार्वजनिक स्थानों पर अवैध गतिविधियों पर सेख्ती से रोक लगाने के निर्देश दिये हैं उन्होंने कल भोपाल में गृह विभाग की बैठक में कहा कि रोकथाम की कार्यवाही एक समय के लिए नहीं बल्कि निरन्तर होनी चाहिए उन्होंने युवाओं में नशे की बढ़ती लत पर चिंता जाहिर करते हुए कहा कि नशीली दवाओं की अवैध बिकी पाये जाने पर दोषियों के खिलाफ सख्त कार्यवाही की जायेगी श्री नाथ ने कहा कि प्रदेश में सभी नागरिक निडर होकर रहे यह सरकार की पहली जिम्मेदारी है मुख्यमंत्री आज पुलिस मुख्यालय में इसी सिलसिले में पुलिस महानिदेशक सहित वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों की बैठक भी लेंगे आशा राशि आशा कार्यकर्ताओं की अक्टूबर में बढ़ी प्रोत्साहन राशि का भुगतान चुनाव के कारण रूक गया था

संचालक डॉ बीएन चौहान ने सभी मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारियों से कहा है कि अगले महीने के लिये रूटीन प्रोत्साहन राशि का भुगतान सुनिश्चित करें

जिला निर्वाचन अधिकारी रमेश भण्डारी ने सभी एसडीएम सह निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी और तहसीलदार सह सहायक निर्वाचक रजिस्टीकरण अधिकारियों को आयोग के निर्देशानुसार समय सीमा में कार्यवाही कराने के लिए निर्देशित किया है बालरंग भोपाल में आज से राष्ट्रीय बालरंग शुरू हो गया है

इसमें आज राज्य स्तरीय प्रतियोगिताएँ हो रही है

लोक नृत्य प्रतियोगिता में जो संभाग प्रथम स्थान पर रहेगा वह मध्यप्रदेश की ओर से राष्ट्रीय बालरंग प्रतियोगिता में लोक नृत्य की प्रस्तृति देगा साथ ही मध्यप्रदेश के डेढ़ सौ स्काउट गाइड भी बालरंग में भाग ले रहे हैं समारोह में बच्चों के लिये करियर कांउसलिंग की व्यवस्था भी की गई है मौसम प्रदेश में ठंड बढ़ने से जनजीवन प्रभावित हो रहा है राज्य में बर्फीली हवाओं के कारण राजधानी भोपाल सहित कई क्षेत्रों में कडाके की सर्दी पड़ रही है

जो कि सामान्य से तीन डिग्री सेल्सियस कम रहा

पिछले चार साल में दिसंबर का ये सबसे कम तापमान रहा है मौसम विभाग ने अमी अगले दो दिनों तक शीतलहर इसी तरह बनी रहने का अनुमान जताया है वहीं कुछ क्षेत्रों में हल्की बारिश की संभावना भी जताई गई है चंबल ग्वालियर मंदसौर और नीमच जिलों में बुंदाबादी के आसार है प्रदेश के अनुपपुर शहडोल डिण्डोरी और टीकमगढ़ जिलों में शीतलहर के साथ कोहरा छाये रहने की भी संभावना है समाचार संक्षेप में टीकमगढ़ जिले में भी कल से साप्ताहिक जन सुनवाई शुरू हो गई

वनविभाग का दल हाथियों के निगरानी के लिये तैनात किया गया